इसलिए सभी श्रोताओं से अधील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उप्रायों का शालन करें

इसआयुवर्ग के लिए हली मई से सबसे बडा टीकाकरण अभियान श्रू किया गया था

जिला स्तर प्र शहले ही जिला संकट प्रबंधन समूह गठित है

अगले दो महीनों में छह सौ मीट्रिक टन और तरल मेडिकल ऑक्सीजन भारत लायी जानी है

यह अब तक की सबसे भारी मात्रा है

नई दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस् ताल में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आर पी बेनीवाल ने इस संबंध में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के सरिणामों के बारे में ज्यादा सोचकर डरना नहीं चाहिए डॉक्टर बेनीवाल ने कहा कि भय और चिंता से बचने के लिए लोगों को अ नी संद की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए डॉक्टर बेनीवाल ने कहा कि वायरस से संक्रमित होने पर लोगों के अंदर अलगाव का डर नहीं होना चाहिए इसके बजाय उन्हें अ ने समय का उ योग उन गतिविधियों में करना चाहिए जो वे ाहले नहीं कर ााते थे

इस हेल् डेस्क र दो दो सदस्य उ स्थित रहेंगे जो अस् ताल में बेड रिक्त की जानकारी से लेकर अन्य आवश्यक जानकारी लोगों को देंगे

योजना में आय्ष की तीनों विधाओं आय्र्वेद होम्योपैथी और यूनानी का लाभ लिया जा सकता है इसके लिए बस आय्ष क्योर ए डाउनलोड करना होगा

इसके द्वारा रोगी आवश्यकता होने र विभिन्न जाँच रि ोर्ट भी अ लोड कर सकते हैं

उन्होंने कहा कि आगामी क्छ दिनों में इसी प्रकार से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आप्र्ति होगी

मंदसौर के जिला चिकित्सालय में शीघ्र ही प्लाजमा थेरेपी भी शुरू की जा रही है जिससे गंभीर मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं ड़ेगी यहाँ पुलिस द्वारा मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है

ग्ना में ांचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कोरोना रोकथाम के संबंध में की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की

जबल र में प्रशासन ने होने वाले सभी विवाह समारोहों को आगामी आदेश तक रदद् कर दिया है उमरिया में कलेक्टर ने कार्यो में ला रवाही के मामले में श्रम निरीक्षक ए पी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है

उन्होंने आष्टा में क्राईसिस मेनेजमेंट ग्ग्र की बैठक भी ली लिस नवाचार लॉक डाउन में आम लोगों को रेशानियों से बचने और अ ने स्टाफ की सेहत का ध्यान रखने के लिए पुलिस द्वारा कई जिलों में नवाचार किये जा रहे हैं रायसेन जिले में दिन रात इयूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हए एसपी मोनिका श्क्ला ने स्वास्थ्य स्रक्षा ए बनवाया है इस ए र एसपी से लेकर आरक्षक तक को रोज अ ने स्वास्थ्य की जानकारी दर्ज करना इता है ऑक्सीजन सेच्रेशन टेम्प्रेचरबीपी सर्दी खांसी और ब्खार हो तो उसकी जानकारी भी अ ने आ ही भरना होगा

यहाँ कई इलाकों में आज रुक रूककर बारिश हो रही है सिवनी में तेज हवा के साथ बारिश हई तूफान इतना तेज था कि कई पेड़ जड़ से उखड़ गए